सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर आज से तीन दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ने लगी है सर्दी पीएम ऊर्जा सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की ऊर्जा विश्व को ऊर्जा प्रदान करेगी सेरावीक संस्था द्वारा आयोजित चौथे भारत ऊर्जा फोरम का कल उदघाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और देश का ऊर्जा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत विश्व अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उन्होंने कहा कि कम कार्बन उत्सर्जन के साथ हमारा ऊर्जा क्षेत्र विकास केंद्रित उद्योगों के अनुकल तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदार होगा श्री मोदी ने कहा कि भारत घरेलू उड्डयन सेवा के मामले में तीसरा सबसे बड़ा और तेजी से विकास करने वाला उड्डयन बाज़ार है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा वैश्विक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करता है और हम विश्व को दिए अपने वचन निभाने में लगे हुए हैं

सरकार की प्राथमिकता देश में घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने की है

इस वर्ष की थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर आज से तीन दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे सम्मेलन के दौरान नीति निर्माताओं और इन्हें क्रियान्वित करने वालों को प्रणालीबद्व सुधार और प्रभावी उपाय लागू करने पर विचार विमर्श का मौका मिलेगा केन्द्री य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्रं सिंह भी उदघाटन सत्र को सम्बोधित करेंगे

जिसमें रैलियों और सभाओं पर रोक लगाई गई थी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने अपने आदेश में राजनीतिक दलों को भौतिक सभाएं करने से रोक दिया था जब तक कि उन्हें जिलाधिकारियों और चुनाव आयोग से यह प्रमाणित नहीं किया गया हो कि वर्चुअल चुनाव अभियान संभव नहीं है

वहीं चुनाव आयोग ने भी निपष्क्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है

हमारे अनूपपुर संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिले में बीएलओ द्वारा मतदाताओं को घर घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता सूची वितरण करने का कार्य जारी है मतदाताओं को भय लोभ लालच के बिना धर्म जाति वर्ग अथवा किसी अन्य प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना तीन नवंबर को अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है सागर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को अधिक मतदान की प्रेरणा देने के लिए रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई वहीं विभिन्न मतदान केन्द्रों पर मानव श्रंखला बनाकर मतदाताओं को अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया

आसमान साफ होने और उत्तरी हवाएं चलने से अधिकांश जिलों में सर्दी बढ़ने लगी है

मौसम केन्द्र ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे प्रदेश से जा चुका है और आगामी एक दो सप्ताह में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तेज सर्दी पड़ने लगेगी आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजाह में किंग्स इलेवन पंजाब ने कोलकाता नाइटराइडर्स को आठ विकेट से हरा दिया

आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला डेल्ही कैपिटल्स से होगा